मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत की युवा पीढ़ी राष्ट्र की प्रगति और विकास में उत्प्रेरक की भूभिका निमाएगी आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम की साठवी कड़ी में श्रोताओं से अपने विचार साझा करते हए श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले दशक में भारत की प्रगति और विकास में इक्कीसवीं सदी में र्पैदा हुए नौजवानों का भरपूर योगदान रहेगा उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्र आज अपने युवाओं की बदौलत नई ऊंचाइयां छूने की प्रतीक्षा कर रहा है प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि नए दशक में युवाओं की सामूहिक शक्ति से देश का और विकास होगा भारत में यह दशक ये डिकेड न केवल युवाओं के विकास का होगा बल्कि युवाओं के सामर्थ्य से देश का विकास करने वाला भी साबित होगा और भारत आध्रनिक बनाने में इस पीढ़ी की बहत बड़ी भूमिका होने वाली है ये मैं साफ अनुभव करता हूँ

श्री मोदी ने कहा कि जेन नेक्स के नाम से पहचानी जाने वाली हमारी नौजवान पीढ़ी भारत के आध्निकीकरण में अहम भूमिका निभाएगी श्री मोदी ने कहा कि हमारी युवा पीढ़ी को अराजकता से नफरत है और वह अव्यवस्था तथा अस्थिरता को भी बर्दाश्त नहीं करती जब कमी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं हमारे नौजवान साहसपूर्वक उसके खिलाफ खड़े होकर सही बात मनवा लेते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी नई पीढ़ी नई व्यवस्था नई प्रणाली नए जमाने और नए विचारों को परिलक्षित करती है उन्होंने कहा कि देश युवाओं से उम्मीद करता है कि वे राष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि हर नागरिक के लिए आत्म निर्भर बनना और गरिमामय जीवन जीना बहुत जरूरी है उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे स्वदेशी की भावना को अपनाकर स्थानीय रूप से बने उत्पादों की खरीदी को प्राथमिकता दें ताकि इससे स्थानीय लोगों के जीवन में खूशहाली आए इस वर्ष के अपने आखिरी मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि नया दशक नए संकल्पों नई ऊर्जा नए उत्साह और नए जोश के साथ आ रहा है आदिवासी नृत्य महोत्सव पिछले तीन दिनों से राजधानी रायपुर में चल रहा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव आज रात संपन्न हो रहा है महोत्सव के अंतिम दिन प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे इस महोत्सव के दौरान देश के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से आए जनजातीय कलाकारों ने लोक नृत्यों की मनमोहक प्रस्तूतियां दी प्रतियोगिता से अलग कुछ विदेशी नर्तक दलों को भी इस महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देने के लिए बुलाया गया था इनमें बेलारूस युगांडा मालदीव श्रीलंका बांग्लादेश और थाईलैंड के कलाकार शामिल हैं

समापन समारोह के मुख्य अतिथि कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी होंगे वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे इससे पहले महोत्सव के दूसरे दिन कल शाम के समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक शामिल हुए अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि आदिवासियों की संस्कृति बहुत समृद्ध रही है उन्होंने कहा कि इस महोत्सव के दौरान हमें विभिन्न राज्यों की आदिवासी संस्कृति के साथ अनेकता में एकता की भावना देखने को मिली वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आयोजित यह महोत्सव देशमर के आदिवासियों की संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बना है वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आदिवासियों की कला और परंपरा को देश्या की बुनियादी पहचान बताया त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है तीन चरणों में संपन्न होने वाला पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पर होगा इसके लिए सभी प्रत्याशियों का साक्षर होना जरूरी है इसमें एक व्यक्ति को दो पदों पर चुनाव लड़ने की सुविधा भी प्राप्त होगी पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार छह जनवरी तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे नामांकन पत्रों की जांच सात जनवरी को होगी वहीं उम्मीदवार नौ जनवरी को दोपहर तीन बजे तक नाम वापस ले सकेंगे इसी दिन प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी और उन्हें चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा पंचायत चुनाव के लिए अटठाईस और इकतीस जनवरी के अलावा तीन फरवरी को वोट डाले जाएंगे मतदान के दिन ही मतों की गिनती की जाएगी और उसी दिन संबंधित पदों के नतीजे घोषित किए जाएंगे

बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि इस अधिनियम को लेकर जो असत्य और भ्रामक बातें कही जा रही है उन्हें दूर करते हुए हमें इसकी सच्चाई को जनता के बीच ले जाना होगा बैठक में प्रदेश के संगठन महामंत्री पवन साय ने कहा नागरिकता संशोधन अधिनियम की वास्तविकता को बताने के लिए पुरे प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा इस बीचें नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में कल द्र्ग के रविशंकर स्टेडियम से एक रैली निकाली जाएगी दूर्ग के सांसद विजय बघेल ने बताया कि इस रैली मेँ विभिन्न संगठनों और समुदायों के लोग शामिल होंगे बातों बातों में समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में इस बार नागरिकता संशोधन अधिनियम पर केंद्रित रहेगा हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए इस अधिनियम को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में जहां एक ओर प्रदर्शन हुए हैं वहीं इस अधिनियम के विषय में भ्रम की स्थिति भी देखने को मिल रही है नागरिकता संशोधन अधिनियम के सभी तथ्यों की जानकारी हासिल करने और इससे जुड़ी सभी भ्रांतियों को दूर करने के लिए आकाशावाणी समाचार ने बात की राजनीतिक विश्लेषक शशांक शर्मा से इस बातचीत का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे राष्ट्रीय कार्यशाला देशभर के चुने हुए शिक्षकों को सांस्कृतिक मूल्यों और विरासतों से परिचित कराने के लिए राजधानी रायपुर के जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान में कल से राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा सांस्कृतिक ्योत और प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा छत्तीसगढ में पहली बार हो रही इस कार्यशाला में देश के विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के पचहत्तर शिक्षक और छत्तीसगढ़ के पैंतीस शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे नौ जनवरी तक चलने वाली इस कार्यशाला के दौरान हर दिन अलग अलग विषयों पर विशेषज्ञों के व्याख्यान होंगे इनमें सांस्कृतिक ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर स्वच्छ भारत अभियान संस्कृति और मीडिया पारम्परिक भारतीय चिकित्सा पद्धति के अलावा क्षेत्रीय सांस्कृतिक विघाओं का राष्ट्रीय एकता में योगदान जैसे विषय शामिल हैं स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कार्यशाला के दौरान शिक्षकों को अपने अध्यापन में कला की विभिन्न विधाओं को समाहित करने की तकनीक बताई जाएगी इसमें मुखौटा और कठपुतली निर्माण के अलावा जृट शिल्प तथा पारंपरिक शिल्प कला का प्रशिक्षण भी शामिल है मौसम राजधानी रायपुर सहित प्रदेशमर में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों के साथ ही अलाव का सहारा ले रहे हैं इस बीच अंबिकापुर में बीती रात न्यूनतम तापमान दो डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था वहीं मैनपाट में पारा एक डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया था यहां सुबह खेतों में बर्फ की चादर जमी हई नजर आई मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के लिए यलो अलर्ट जारी करते हुए प्रदेश के अधिकांश इलाकों में शीतलहर चलने की चेतावनी दी है संक्षिप्त समाचार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रसिद्ध अभिनेता अभिताम बच्चन को आज वर्ष दो हजार अट्ठारह का दादासाहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया खालसा पंथ के दसवें गुरू गोविंद सिंह के तीन सौ तिरपनवें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आज दुर्ग में सिख समाज के लोगों ने नगर कीर्तन निकाला

बस्तर जिले भें मसीही समाज के लोगों ने आज जगदलपुर में रैली निकाली मैथोडिट्स एस्कोपल चर्च से निकली यह रैली नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरने के बाद चर्च में ही संपन्न हुई जांजगीर चांपा जिले के चारपारा गांव में मेटाडोर और ट्रक के बीच हुई टक्कर में मेटाडोर चालक की मौत हो गई छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ द्वारा बिलासपुर में चौदह वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों के लिए आयोजित शिविर में प्रदर्शन के आधार पर चौदह खिलाड़ियों का चयन किया गया है इसमें बिलासपुर के छह खिलाड़ी शामिल हैं हाथी मौत अधिकारी निलंबित कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल में कुल्हरिया गांव के पास दलदल में फंसे हाथी की मौत के मामले में प्रधान मुख्य वन संरक्षण अतुल शुक्ला को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है